कोरोना संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित दो नए मरीजों की पुष्टि हुई है इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है जांच के दौरान एक मरीज रायपुर में और एक राजनांदगांव में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके उपचार की सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है बताया जाता है कि राजनांदगांव के भरकापारा में रहने वाला युवक हाल ही में थाईलैंड से लौटा था विदेश से लौटने के बाद उसमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए जिसके बाद जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजीटिव आई है युवक की रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है गौरतलब है कि इससे पहले रायपुर में लंदन से लौटी युवती में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी जिसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती किया गया है

इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की दुकानों पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन की घोषणा की है एक हफ्ते से भी कम समय में राष्ट्र को दूसरी बार संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को और प्रत्येक भारतीय नागरिक को बचाने के लिए उनके घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम इक्कीस दिनों में स्थिति को अच्छी तरह संभाल नहीं पाते हैं तो हमारा देश और आपका परिवार इक्कीस वर्ष पीछे चला जाएगा

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए ये कड़े उपाय आवश्यक हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आवश्यक वस्प्तुओं और दवाओं की उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि अफरा तफरी मे खरीदारी न करें क्योंकि दुकानों के आसपास भीड़ लगने से कोविड उन्नीस कड़े फैलाव का जोखिम है कोरोना गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के फैलाव को ध्यान में रखते हुए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य तथा केन्द्रशासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाएं बंद रहेंगी वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी के अलावा दूध मांस सहित पशु चारे की दुकानें खुली रहेगी जिला प्राधिकारी लोगों की घरों के बाहर आवाजाही कम करने के लिए होम डिलिवरी सुविधा को प्रोत्साहित करेंगे इसके अलावा बैंक बीमा कार्यालय एटीएम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे चिकित्साकर्मी नर्सों अर्धचिकित्सा कर्मचारियों और अन्य अस्पतालों की सहयोगी सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी पेट्रोल पम्प और रसोई गैस के वितरण केन्द्र भी खुले रहेंगे कोरोना कंट्रोल रूम राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी अट्ठाईस जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं इनके हेल्पलाइन नंबर आम जनता के लिए जारी कर दिए गए हैं ये सभी कंट्रोल रूम सातों दिन चौबीसों घंटे काम करेंगे आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर इन कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क किया जा सकता है वहीं राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर एक सौ चार है इस नंबर पर फोन कर राज्य के किसी भी कोने से मदद ली जा सकती है राजधानी रायपुर में स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर शून्य सात सात एक चार दो आठ सात एक नौ नौ और नौ चार सात नौ एक नौ एक शून्य नौ नौ है कोरोना निःशुल्क चावल आवंटन राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रदेश के गरीब परिवारों को अप्रैल और मई महीने का चावल निःशुल्क देने का निर्णय लिया है इस संबंध में खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण अप्रैल महीने में करने के निर्देश जारी किए गए हैं इसके साथ ही अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है इस योजना में मध्यान्ह भोजन के लिए चालीस दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से दिया जाएगा प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को चार किलोग्राम चावल और आठ सौ ग्राम दाल वहीं उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को छह किलोग्राम चावल और बारह सौ ग्राम दाल दी जाएगी इधर आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए राशन घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान करने को कहा है मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर तीन शून्य एक नौ आठ आठ सात तीन एक सात नौ पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है इस बीच राज्य सरकार के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से बचाव और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस छत्तीसगढ निर्णय से अवगत कराया है कोरोना समाज कल्याण इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान भिखारियों और निराश्रित लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों से उन्हें भोजन वितरित करने की अपील की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे गरीब लोगों को भोजन के पैकेट बनाकर बांटे जाए

दुर्ग जिले में नगर निगम भिलाई ने अभिनव पहल करते हुए कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक बनाने घर घर पॉम्पलेट बांटने का निर्णय लिया है कुल अस्सी हजार पॉम्पलेट का वितरण किया जाएगा वहीं राजनांदगांव जिले की महाराष्ट्र सीमा पर स्थित टाटेकसा गांव के ग्रामीणों ने स्वयं से होकर सीमावर्ती मार्ग को बंद कर दिया है ताकि दूसरे राज्य से लोग छत्तीसगढ़ में न आ सकें इसी तरह जशपुर जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ड्यूटी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी में लगाई गई है उधर सूरजपुर जिले में चैत्र नवरात्र पर लगने वाले कुदरगढ़ धाम के प्रसिद्व मेले को बंद करने का निर्णय लिया गया है लेकिन श्रद्वालुओं की श्रद्वा को देखते हुए चैत्र नवरात्र के दौरान ऑनलाइन आरती दिखाने का प्रबंध किया गया है साथ ही सोशल साईट इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्वीटर पर भी आरती के विजुअल शेयर किए जा रहे हैं

रायगढ़ शहर में सिंधी समाज ने इस मौके पर कोरोना वायरस के मद्देनजर अपने सभी सांस्कृतिक भजन संध्या लंगर और शोभा यात्रा के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं समाज के सभी लोग अपने अपने घरों में इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं

वहीं जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर ने सब्जी मार्केट में भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए सब्जी दुकानों को दूर दूर लगवाने का निर्णय लिया है साथ ही सब्जी दुकानें एक निश्चित समय सीमा तक ही खोली जाएंगी बिलासपुर शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में दो सौ लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की वहीं एक हजार से अधिक व्यक्तियों को समझाइश देकर छोड़ा गया इसके अलावा रेलवे स्टेशन में फंसे दो सौ से अधिक मुसाफिरों को पुलिस प्रशासन द्वारा बस की व्यवस्था कर उन्हें झारखंड और अन्य स्थानों के लिए रवाना किया गया इधर सरगुजा में कोरोना वायरस के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है इसी कड़ी में आज एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने एक मेडिकल स्टोर्स में छापा मारकर पैंतीस नग हैंड सैनिटाईजर और नौ मास्क जब्त किए हैं बताया जाता है कि मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा तय कीमत से अधिक दर पर इन वस्तुओं को बेचा जा रहा था उधर बस्तर जिले के नगरनार आयरन एंड स्टील प्लांट और बढ़ईगुड़ा के टोल टैक्स नाका को कलेक्टर ने तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है

इस सिलसिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार और यात्रियों को क्वारेंटाइन केन्द्र में चौदह दिनों तक रखने के लिए रायपुर जिले के बरौदा स्थित राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को क्वारेंटाइन केन्द्र बनाया जा रहा है संस्थान के भवन को क्वारेंटाइन केन्द्र बनाने के लिए इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिए विशेष सचिव राजेश सुकमार टोप्पो को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है कोरोना मूल्यांकन निरस्त राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस साल हुई हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य स्थगित कर दिया है यह मूल्यांकन आगामी छब्बीस मार्च से होने वाला था कोरोना कलेक्टर राजधानी रायपुर में किराये के मकानों में रहने वाले कुछ स्वास्थ्यकर्मियों को उनके मकान मालिकों द्वारा मकान खाली किए जाने के लिए बाध्य करने की शिकायतें मिलने के बाद रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे समय जब स्वास्थ्यकर्मी पूरे समर्पण से नागरिकों से सेवा कर रहे हैं उन्हें मकान खाली करने के लिए कहना अत्यंत दुखद है कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन माओवादियों के विरूद्ध अदम्य साहस का परिचय देने वाले सुकमा जिले के इकसठ और दंतेवाड़ा जिले अड़तीस पुलिस जवानों को समय से पहले प्रमोशन दिया जाएगा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में कहा कि माओवाद प्रभावित जिलों में पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ माओवादियों से मुकाबला कर रहे हैं